राज्य में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर चर्चा की अनुमति न मिलने पर विपक्षी कांग्रेस का सदन से वॉकआउट

प्रदेश मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने व सुजित करने का लिया निर्णय

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी

इसी सवाल पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री पर ऋणों के मामले में गलत आंकड़े पेश करने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के पास इनका रिकार्ड नहीं था और संबंधित मण्डलों से इनका रिकार्ड एकत्र किया जा रहा है व सत्यापन के बाद इन सभी दिहाड़ीदारों को गैच्युटी जारी की जाएगी विधायक जवाहर ठाक्र के एक सवाल पर जयराम ठाक्र ने कहा कि चौहारघाटी के पिछड़े क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक रिथति सुधारने के लिए आर्थिक पैकेज देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है लेकिन उन्होंने सभी संबंधित विभागों को चौहारघाटी के विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए

एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में सहजल ने कहा कि सहकारी सभाओं की ऑडिट प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हुई हैं उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार ने ऑडिटर का पैनल बनाने का फैसला किया है सहजल ने ये भी कहा कि सहकारी सभाओं के ऑडिट में गड़बड़ियां करने वाले ऑडिटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी वाकआउट राज्य में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर सरकार द्वारा कोई राहत न दिए जाने के मामले पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस ने आज सदन से वाकआउट किया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर सरकार ने प्रभावितों को कोई राहत नही दी है

उन्होंने कहा कि इस मामले पर पहले ही सदन में कई नियमों में चर्चा हो चुकी है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में भारी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है और सरकार ने कोई राहत नहीं दी है उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव बारिश से नुकसान को लेकर नही है बल्कि प्रभावित को कोई मदद न दिए जाने और सरकार के राहत कार्यों में विफल रहने को लेकर है इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विपक्ष के वाकआउट की कड़ी निंदा की और इसे राजनीति से प्रेरित बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हित के बजाए विपक्ष अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहता है जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है लेकिन सदन नियमों के तहत चलता है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्र के दौरान सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मॉनसून सत्र में काफी काम हुआ है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इसके अलावा ऊना के बंगाणा में उपरोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया

मंत्रिमण्डल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने व सृजित करने का निर्णय भी लिया अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के दौरे के दूसरे दिन आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए उन्होंने किसानों को जागरूकता शिविरों के माध्यम से कृषि व अन्य नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने की नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने पर बल दिया अनुराग ठाकुर ने लोगों को समूहों में खेती के लिए प्रेरित करने और सीमित संसाधनों से किसानों को समूद्ध व सम्पन्न बनाने की जरूरत भी बताई उन्होंने क्षेत्र के लोगों से पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाने का आहवान किया

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का सरकारी कामकाज चलाने में प्रशासन को बहत बड़ा योगदान मिल रहा है उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्थाई कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है और नई भर्तियां कम हो रही हैं